उन्होंने किसानों से कहा कि वे गेहूं और धान के उत्पादन तक ही सीमित न रहें केन्द्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए बजट आवंटन पर आयोजित एक वेबिनार को आज संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में प्रसंस्करण पर जोर देने की आवश्यकता है

निजी अस्पतालों में ढाई सौ रूपए प्रति डोज की दर से जबकि सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है दौसा जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि टीकाकरण करवाने वाले लोगों का कहना है कि इस टीके से उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है आज टीकाकरण करवाने वाले लोगों में शामिल ओपी बंसल और रेखा बंसल ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से टीके लगवाने की अपील की कोविड टीकाकरण के लिए को विन पोर्टल और आरोग्य सेतू एप पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है टीका लगवाने के इच्छुक लोग केन्द्रों पर ऑन दो स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं पात्र व्यक्ति को विन पोर्टल पर अपने अपने मोबाइल नम्बर के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं एक मोबाइल नम्बर से कूल चार लाभार्थियों का ही पंजीकरण हो सकता है कोविड टीकाकरण केन्द्रों पर लाभार्थी को वोटर आई कार्ड या आधार कार्ड जैसे दस्तावेज साथ लाने होंगे वहीं गंभीर बीमारी वाले व्यक्ति को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिश्नर से उनकी बीमारी के सम्बन्ध में प्रमाणपत्र साथ लाना होगा पहले दिन एक से डेढ़ लाख लाभार्थियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है

इसके तहत सभी दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना करवाई जाएगी

कोई व्यक्ति बिना जांच रिपोर्ट के पहुंचता है तो उसकी स्क्रीनिंग करवाएंगे वहीं कोरोना संबंधी लक्षण मिलने पर क्वारेंटीन करवाएंगे

दो दिन तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में वन अधिकारियों को बाघों को ट्रेंकलाइज करने वन्य जीवों की सुरक्षा और नई तकनीक से मॉनिटरिंग करने सहित अन्य कई गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी प्रदेश में तापमान बढ़ने के साथ ही गर्मी का अहसास होने लगा है

मौसम विभाग ने इस सप्ताह पश्चिमी विक्षोभ और पहाड़ों पर बर्फबारी होने की संभावना जताई है इससे मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट आ सकती है